प्रदेश में मतगणना की तैयारियों में जुटा प्रशासनिक अमला

नियम तोड़ने वाले चालकों के वाहन नंबर सीसीटीवी कैमरे में होंगे कैद

स्लग लोकसभा चुनाव लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम गया है

जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले की अनंतनाग सीट पर भी इसी चरण में मतदान होगा स्लग मतगणना तैयारी चमोली लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए चमोली में जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है मतगणना कार्यो को निष्पक्षता और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए गोपेश्वर में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया

आयोग के निर्देश पर इस बार प्रत्येक विधानसभा की पांच मतदेय स्थलों की वीवीपैट की मतदाता पर्चियों और कन्ट्रोल यूनिट में पड़े वोट का मिलान भी किया जाएगा

एक मतगणना टेबल पर गणना सुपरवाइजर मतगणना सहायक तथा माइक्रो आब्जर्बर के रूप में तीन कार्मिकों को तैनात किया जाएगा मतगणना के समय मोबाइल पूरी तरह वर्जित होंगे

इसके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ई चालान किया जाएगा यातायात नियम तोड़ने के दौरान पूरी घटना और वाहन चालक का गाड़ी नंबर सीसीटीवी में कैद होकर ई चालान सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएगा इसके बाद पुलिस मैसेज के माध्यम से आरोपी को ई चालान भेजेगी आरोपी द्वारा उत्तर न देने पर पुलिस खुद ई चालान पहुंचाएगी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरिंदरजीत सिंह ने बताया कि ई चालान सॉफ्टवेयर को मई के पहले सप्ताह में ट्रायल के बाद लॉन्च कर दिया जाएगा

जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि हरिद्वार जिले में अनेक औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन न करने और कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद लगातार प्रदूषण फैलाने पर इन फैक्ट्रियों को सील किया गया है गौरतलब है कि जो इकाइयां मानकों को पूरा करने का प्रमाण पत्र लाएगी केवल उन्हें ही अपना संचालन करने की अनुमति दी जाएगी

विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए आने वाले कमर्शियल वाहनों को हल्द्वानी से ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वाहनों का रिकॉर्ड रखा जा सके इसके अलावा पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी और अल्मोड़ा में अस्थाई चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं आरटीओ हल्द्वानी राजीव मेहरा ने दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान वह कमर्शियल टैक्सी वाहनों का ही उपयोग करें उन्होंने कहा कि पहाड़ी रास्तों के लिए वाहन चालकों को खासतौर पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि दुर्घटना की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके गौरतलब है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है स्लग सफाई अभियान बैठक रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा की थीम जीरो पॉलीथीन व्यवस्था है चारधाम यात्रा सफाई अभियान के संबंध में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यात्रा मार्ग पर गंदगी और पॉलीथीन नहीं दिखनी चाहिए

उन्होंने कहा कि पॉलीथीन का प्रयोग करने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना किया जायेगा

कार्यक्रम में दून विश्वविद्यालय के कुलपति और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ सी एस नौटियाल ने कहा कि चैप्टर खुलने से जागरूकता बढेगी साथ ही इससे मीडिया मैनेजमेन्ट और आर्थिकी के क्षेत्र से जुड़ी जानकारी मिलेगी पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसीडेन्ट चरनजीत सिंह ने संचार के बारें में बताते हुये कहा कि संचार से किसी भी राज्य या समाज की प्रगति होती है साथ ही उन्होंने कहा कि आज से शुरू किये गये चैप्टर से प्रोफेसर संचारक या विज्ञापन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को बेहद लाभ मिलेगा

सलुड़ डुंग्रा गांव में आयोजित रम्माण मेले में कलाकार मुखौटे लगाकर अद्भुत नृत्य पेश करते हैं

साथ ही भुमियाल देवता का भी अनोखा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है इस धार्मिक और सांस्कृतिक मेले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जिनमें कई विदेश पर्यटक भी शामिल थे अब संक्षिप्त समाचार बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील में बिजली के करंट से मछली मारते हुए दो लोगों की मौत हो गई है घटना सलिंग गांव के आसपास हुई है ऊर्जा निगम के अनुसार बिजली की लाइन में कटिया डालकर युवक मछली मार रहे थे इस दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए टिहरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिव्यांग व्यक्ति अधिकार एक्ट पर आयोजित सेमिनार में जिला जज कुमकुम रानी ने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज के अभिन्न अंग है उन्हें अधिकार दिलाने के लिए अधिवक्ताओं को सही तरीके से पैरवी कर इस एक्ट का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए उन्होंने कहा कि एक्ट के बारे में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए बागेश्वर जिले में खेल निदेशालय दो से चार मई तक खेलों का जिलास्तरीय ट्रायल्स आयोजित कर रहा है

सभी प्रतियोगिताएं डिग्री कालेज के खेल मैदान में आयोजित होंगी